कहा विश्व के कई देशों की तुलना में भारत ने इस महामारी का बेहतर तरीके से सामना किया

देश में यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता को लगातार बढ़ाए जाने के निर्देश दिए

रामलला दर्शन अवधि एक घंटे बढ़ायी गई

ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अंतर्गत नोएडा मुम्बई और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित हैं उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैशिवक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं जिन हाईटैक स्टेट ऑफ दा हार्ट टेस्टिंग फैसेलिटी का लांच हुआ है उससे पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है साथियों दिल्ली एनसीआए मुम्बई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेन्टर हैं यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को अपने सपर्नों को पूरा करने आते हैं अब इन तीनों जगह टैस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें दस हजार टैस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है अब इन शहरों में टैस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों की संख्या अधिक होने से संक्रमण का तेजी से पता लगाने और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि ये प्रयोगशालाएं सिर्फ कोविड के परीक्षण तक ही सीमित नहीं रहेंगी भविष्य में इनमें हेपेटाइटिस बी और सी डेंगू और एचआईवी सहित अन्य बीमारियों का परीक्षण भी इन प्रयोगशालाओं में किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समय पर किये गये उपायों के कारण कोविड से होने वाली जन हानि के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी अन्य देशों से बेहतर है देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिये गये आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संमती हुई स्थिति में है आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब दस लाख पहुंचने वाली है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए यह आवश्यक है कि तीव्र गति से कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जाए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इसके लिए पन्द्रह हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है श्री मोदी ने कहा कि देश में अब ग्यारह हजार से अधिक कोविड चिकित्सा केन्द्र है और ग्यारह लाख से अधिक पृथक बिस्तरों की व्यवस्था है परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनवरी में कोविड परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी जबकि देश में अब ऐसी करीब एक हजार तीन सौ प्रयोगशालाएं हैं उन्होंने कहा कि देश में हर रोज पांच लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है और आने वाले सप्ताह में यह क्षमता बढ़ाकर दस लाख करने के प्रयास किये जा रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी का फैलाव रोकने में स्वास्थ्यकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है प्रधानमंत्री ने लोगों को आगामी त्यौहारों को सावधानीपूर्वक मनाने की सलाह दी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ निर्धन परिवारों तक समय पर पहुंचाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि जब तक टीका विकसित नहीं होता तब तक लोगों को दो गज की दूरी मास्क लगाने और हाथ धोने जैसे उपायों का पालन करने की आवश्यकता है

देश में यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है रविवार को राज्य में एक लाख छः हजार नौ सौ बासठ कोविड नमूनों की जांच की गयी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक किसी भी प्रदेश में एक दिन में इतने टेस्ट नहीं किए गए हैं उधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन हजार पांच सौ अठहत्तर नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर छब्बीस हजार दो सौ चार हो गयी है इकत्तीस लोगों की मृत्यु के साथ बीमारी से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या एक हजार चार सौ छप्पन है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या नौ लाख को पार कर गई है स्वस्थ होने की दर अब तिरसठ दशमलव नौ दो प्रतिशत हो गयी है कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो आठ प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि पिछले चौबीस घंटों में इकत्तीस हजार नौ सौ इक्यानबे मरीज ठीक हुए अब तक कुल नौ लाख सत्रह हजार पांच सौ अड़सठ रोगी स्वस्थ हो चुके हैं अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घटों में देश में कुल उन्चास हजार नौ सौ इकत्तीस लोग संक्रमित हुए संक्रमितों की कुल संख्या अब चौदह लाख पैंतीस हजार चार सौ तिरपन हो गई है

उन्होंने कहा कि पच्चीस लाख तक की आबादी वाले जनपदों में रैपिड एन्टीजन विधि से प्रतिदिन एक हजार टेस्ट और पच्चीस लाख से अधिक की आबादी वाले जनपदों में प्रतिदिन एक हजार पांच सौ टेस्ट किए जाएं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिलों में ट्रूनैट मशीन से भी रोजाना दो हजार पांच सौ नमूनों की जांच की जाए

नगर निगम ने वृहद स्तर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया है पांच सौ से अधिक कार्मिक इस काम में लगाए गए हैं हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विराजमान रामलला स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग में पड़ने वाले भवनों को सजाया संवारा जा रहा है जगह जगह तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं मार्ग के दोनों ओर रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित चित्रण किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद भूमि पूजन से दो दिन पूर्व से ही अयोध्यावासी घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे और मंदिरों में संकीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किये जायेंगे उधर अयोध्या में रामलला के दर्शन की अवधि में बदलाव किया गया है प्रथम पाली में दर्शन का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया है अपर जिला मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब प्रथम पाली में सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक दर्शन की अनुमति होगी द्वितीय पाली में श्रद्वालु पूर्व की तरह दोपहर दो बजे से शाम छः बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान केवल स्थानीय लोगों को ही दर्शन की अनुमति है

इन थाना क्षेत्रों में हॉटसॉट को छोड़कर शासकीय कार्यालय बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे लोगों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में खीरी बलरामपुर और मेरठ में दो सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई बरेली मंडल में दिन के तापमान में वृद्धि हुई है जबकि रात का तापमान सामान्य रहा विभाग के अनुसार इटावा में सबसे अधिक अड़तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया गोरखपुर वाराणसी मुरादाबाद आगरा और झांसी मंडल में कल तापमान सामान्य से अधिक रहा गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से हल्की से तेज वर्षा हो रही है राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की वर्षा के आसार हैं